भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में झारखंड के साहेबगंज के रहने वाले जवान कुंदन कुमार ओझा शहीद हो गए हैं शहीद के पिता रविशंकर ओझा माता भवानी देवी और पत्नी नेहा ओझा शोक में डूबे हैं गांव के लोगों की भीड जमा हो रही है कल दिन के तीन बजे कुंदन के शहीद होने की जानकारी घर वालों को सेना के सुबेदार की ओर से फोन कर दी गई इघर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोर्रेन ने जवानों की शहादत पर संवेदना प्रकट की है उधर भारतीय सेना ने कहा है कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं यहीं सोमवार रात दोनों पक्षों में झड़प हुई थी इस झड़प में एक अधिकारी और दो सैनिक शहीद हो गए थे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति की जानकारी दी भारत चीन के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर दुमका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क निर्माण के लिए मजदूरों को ले जाने के लिए निर्घारित सभी सात विशेष श्रमिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है इस कारण कल देर शाम संताल परगना के करीब एक हजार पांच सौ मजदूरों को लेह और लद्दाख ले जाने वाली ट्रेन रवाना नहीं हुई यह ट्रेन मजदूरों को हिमांक और विजयक परियोजना के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा लेह और लद्दाख ले जाने वाली थी द्मका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि सीमा पर बढे तनाव के कारण झारखंड सरकार के श्रम विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कल देर शाम दुमका जिला प्रशासन ने मजदूरों को लेह और लद्दाख ले जाने के आदेश को रद्द कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के दो सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है

उन्होंने कहा कि हाल के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के अनेक संकेत अब दिखाई देने लगे हैं जो मविष्य के लिए उत्साहजनक हैं श्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे संकट को अवसर में बदलें

कल की बातचीत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ दो दिवसीय बातचीत का पहला चरण था इसमें पंजाब असम केरल उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ त्रिपुरा हिमाचलप्रदेश चंडीगढ़ गोआ मणिपुर नागालैंड लद्दाख पुद्दचेरी अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दादरानगर हवेली और दमन दीव सिक्किम और लक्षद्वीप ने भाग लिया मुख्यमंत्रियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व और देश को महामारी से सामूहिक लड़ाई के लिए एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बताया कि वे प्रधानमंत्री को राज्य में कोरोना संक्रमण से संघर्ष और केंद्र से राज्य की उम्मीदों के लिए पत्र भेजंगे

इनमें महाराष्ट्र तमिलनाडू दिल्ली गुजरात राजस्थान उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश पश्चिमबंगाल कर्नाटक बिहार आंध्रप्रदेश हरियाणा जम्मू कश्मीर तेलंगाना और ओडिसा शामिल हैं

उन्होंने मौनसून से पहले किसानों को बीज मुहैया कराने का निर्देश दिया है इस संदर्भ में संबंधित जिलों के उपायुक्तों के साथ साथ निबंधक सहयोग समिति को भी यह निर्देश दिया गया है कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य सरकार का सारा फोकस किसानों और प्रवासी मजदूरों पर है कृषि के क्षेत्र में कैसे किसानों को आत्मनिर्मर बनाया जाए इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं कृषि नीति और कृषि निर्यात नीति बनाई जा रही है कोशिश है कि झारखंड के किसानों के उत्पाद निर्यात हों प्रवासी श्रमिकों को भी कोऑपरेटिव के माध्यम से कृषि कार्यों से जोडने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ग्रामीण विकास विभाग से भी समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहा है

राज्य में स्वस्थ होनेवाले मरीजों की संख्या बढ़कर एक हजार एक सौ बाईस हो गई है

इनमें ज्यादातर प्रवासी हैं जो हाल ही में विभिन्न राज्यों से लौटे हैं

इन सभी को कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है वहीं रांची के रिम्स में दो संभावित मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है रांची का ही एक अन्य व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया है इघर रामगढ़ तथा पूर्वी सिंहभूम में दो दो तथा गढ़वा गुमला और लोहरदगा में भी एक एक नए मरीजों की पहचान हुई है नए संक्रमित की पहचान तथा मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में सक्रिय केसों की संख्या सात सौ आठ हो गई है अबतक प्रदेश में एक हजार आठ सौ उनचालीस मरीजों की पहचान हुई है जिनमें एक हजार एक सौ बाईस स्वस्थ भी हुए हैं

इस अभियान में परिवहन विभाग के अधिकारी और दंडाधिकारी की भी मदद ली जाएगी

इससे छिनतई सहित अन्य आपराधिक वारदातों को नियंत्रित करने में सहलियत होगी डीजीपी ने कहा कि अपराध के लिए अपराधी सबसे ज्यादा दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं इसलिए विशेष चेकिंग अभियान चलाने का प्लान बना है उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पुलिस की दबिश बढ़ेगी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी एक महीने तक एंटी नक्सल अभियान चलाया जाएगा श्री राव ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य की जनता से अपील की है कि वे मास्क पहनकर ही घर से निकलें अगर मास्क नहीं है तो वे कपडा से मृंह व नाक ढककर निकलें गिरिडीह जिले की पुलिस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चला रही है बगोदर सरिया के एसडीपीओ बिनोद महतो ने बताया कि सड़क पर भीड़ कम करने के लिए वाहनों की चेकिंग की जा रही है उन्होंने बताया कि बिना मास्क पहने बिना हेलमेट और तीन सवारी को लेकर चलने वाले वाहनों से फाइन वसूला जा रहा है मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्यभर में आज से बीस जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बज्जपात की भी सम्भावना जतायी गई है आज रांची के अलावा पलामू बोकारो गुमला हजारीबाग रामगढ़ और खूंटी जिले में भारी बारिश की संभावना है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश रांची में हुई है

रेफरल अस्पताल के लैब को अभी तक ना तो सेनेटाइज किया गया है और ना ही शील

साकची थाना में आयोजित सीनियर एसपी एम तमिलवानन ने बताया कि सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस टीम ने छीनताई के आरोपी मोनू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया